कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है

कार्यक्रम के तहत पिछड़े जिलों में कौशल विकास कार्यक्रम क्रियान्वित करने संबंधी बाधाओं को दूर कर जिला प्रशासन को इसके प्रभावी क्रियान्वयन के बारे में बताया जाएगा गौरतलब है कि सरकार जिलों में कौशल विकास पर फोकस करते हुए नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार के लिए सबका साथ सबका विकास कार्यक्रम चला रही है

पोर्टल का कल नई दिल्ली में उदघाटन करने के बाद केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों से वीडियो कांफ्रेन्स के जरिये बात की उन्होंने कहा कि सरकार महिला सुरक्षा को पूख्ता बनाने के लिए अनेक कदम उठा रही है इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने जांच एजेन्सियों से आश्रय स्थलों में रहने वाले बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने को कहा उन्होंने यौन अपराधों की शीघ जांच के लिए पुलिस स्टेशनों में फोरेन्सिक किट उपलब्ध कराने की जरूरत पर भी बल दिया

इससे प्लिसकर्मियों सरकारी अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों की कार्य क्षमता बढेगी

यह कंदम उस घटना के बाद उठाया गया है जब मुम्बई र्स जयपुर जा रहे जेट एयरवेज के विमान के चालक दल के सदस्य हवा के दबाव को नियंत्रित करने वाला स्विच खोलना भूल गए

सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि श्री प्रम् ने जेट एयरवेज के विमान की इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं

इस कदम से एक ही व्यक्ति को विभिन्न प्राधिकरणों से कई लाइसेंस जारी करने पर रोक लगेगी नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री गडकरी ने कहा कि बिना परीक्षा के लाइसेंस जारी करने पर रोक लगाने के लिए सरकार कई ड्राइवर प्रशिक्षण केन्द्र खोल रही है

विमाग उन क्षेत्रों में टैंकरों से पानी भेजेगा जहां कम प्रेशर से कम समय पानी का वितरण हो रहा है यह व्यवस्था अगले साल जुलाई तक जारी रहेगी विमाग के अधीक्षण अभियंता ने बताया कि इसके लिए जीपीएस डिवाइस लगे टैंकर्स की व्यवस्था की गई है ताकि इनका द्रुपयोग नहीं किया जा सके इस बीच विभाग ने मीलवाड़ा से ट्रेन के जरिए अजमेर को प्रतिदिन एक करोड़ लीटर पानी उपलब्ध कराने की योजना को अंतिम रूप दे दिया है और यह व्यवस्था अगले साल मॉनसून आने तक जारी रहेगी

चौथे चरण के कार्य भी लगभग पूरे होने को है

इस अवसर पर विभिन्न स्थानों से ताजियों का जुलुस निकाला जा रहा है

नवगठित तदर्थ समिति की कल जयपुर में पहली बैठक के बाद इसके संयोजक विनोद सहारण ने ये जानकारी दी